प्रदेश के आयूर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को राहत देते हए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनके शुल्क में बढोतरी करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया उदघाटन केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून के डोईवाला में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानि सिपेट का उद्घाटन किया उन्होंने सिपेट भवन का शिलान्यास भी किया

इससे राज्य में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिपेट का महत्व आईआईटी के समान ही है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां प्रशिक्षण पाने वाले बच्चों को शत प्रतिशत कैम्पस प्लेसमेंट दिया जाएगा उन्होंने कहा कि प्लास्टिक इंजीनियरिंग में बीटेक प्रारम्भ करने पर भी विचार किया जा रहा है इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर द्वाराहाट में भी सिपेट की स्वीकृत की घोषणा की उन्होंने कहा कि सिपेट डोईवाला में एक प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट की स्थापना की जाएगी

उन्होंने कहा कि इस केंद्र की स्थापना से स्थानीय आर्थिकी विकसित होगी और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग लाभान्वित होंगे

इस दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्य प्रदेश की वित्तीय आय व्यय के साथ ही आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करेंगे

उन्होंने अधिकारियों को वित्त आयोग के समक्ष राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी आय व्यय के अन्तर की भरपाई के लिये इसमें राज्य का पक्ष मजबूती से रखने के निर्देश दिए

विभाग ने इस दौरान चमोली पौड़ी और रुद्रप्रयाग में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के ॅअनुसार कल और परसों पिथौरागढ़ बागेश्वर चम्पावत नैनीताल चमोली और रुद्रप्रयाग में भी बारिश हो सकती है उधर बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में कल रात हुई भारी बारिश के कारण सरयू नदी उफान पर है हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में आने से कृछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिले के कई मोटर मार्ग बाधित हैं और बिजली आपूर्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर बागेश्वर में कल सभी इण्टर स्तर तक के विद्यालयों और आगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से वर्षा हो रही है इसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो गया है खारिज उत्तराखण्ड वन विभाग ने अपने पांच विश्राम गृह उत्तराखंड इको टूरिज्म विकास निगम को सौंपे जाने की संभावना को आज खारिज कर दिया यह फैसला नैनीताल उच्च न्यायालय के कुछ समय पहले दिये गए आदेश के मद्देनजर लिया गया है एक समाचार एजेंसी के अनुसार मुख्य वन संरक्षक मनोज चंद्रन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लैंसडॉन वन प्रभाग में स्थित पांच विश्राम गृहों को इको टूरिज्म विकास निगम को नहीं दिया जा सकता उन्होंने कहा कि न्यायालय ने अपने आदेश में वन विश्राम गृहों और निरीक्षण बंगलों का पूरा नियंत्रण वन विभाग को दे दिया है और इसलिए उन्हें किसी और को सौंपा जाना असंभव है

अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कमार ने सड़क द्र्घटनाओं पर प्रभावी अंकृश लगाने के उददेश्य से वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी अथवा सामान ले जाने वाले चालकों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करने को कहा है

राहत प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को राहत देते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनके शुल्क में बढोतरी करने वाले राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है

वितरण सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों में राशन वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चम्पावत जिले में राशन विक्रेताओं को लेपटॉप वितरित किए गए जिला कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ अहमद इकबाल ने कहा कि लेपटॉप के जरिए काम करने से राशन वितरण प्रणाली मजबूत होने के साथ ही वितरण में पारदर्शिता आयेगी और विक्रेताओं को पंजिकाओं के रखरखाव में भी आसानी होगी

निलंबन उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून में सहकारी कृषि समिति की जमीन पर हुए अतिक्रमण पर गंभीर नजरिया अपनाते हये सहायक विकास अधिकारी के निलंबन के आदेश दिये हैं इस संबंध में आदेश वापस लेने के अनुरोध वाली याचिका दायर की गई लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया

राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज के पास रायवाला क्षेत्र में आदमखोर तेंदुए ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मार डाला